मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत के सामने शहरीकरण नवाचार और यातायात के क्षेत्र में निवेश की शानदार संभावनाएं हैं उन्होंने कहा कि इन संभावनाओं के साथ साथ हमारे यहां जीवंत लोकतंत्र कारोबार के लिए अनुकूल माहौल विशाल बाजार और भारत को वैश्विक निवेश का चहेता स्थान बनाने के लिए कृतसंकल्प सरकार भी तमाम प्रयास कर रही है ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए कल श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से यह बात स्पष्ट हो गई है कि जो शहर हमारे विकास के केंद्र माने जाते हैं वे नाजूक इलाके भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री न शहरों के सतत विकास की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि शहरों की नदियों झीलों और हवा को स्वच्छ बनाए रखने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए श्री मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान जहां दूनिया भर में अनेक शहरों में लॉकडाउन का विरोध हो रहा था वहीं भारत के शहरों ने महामारी को रोकथाम के उपायों का अक्षरशः पालन कर अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया उन्होंने कहा कि हमारे शहर विकास क जोरदार प्रेरक हैं और कोविड के बाद के विश्व का निर्माण हमारे शहरों और मूल संसाधनों के विकास से ही किया जा सकेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे शहर परिवर्तन के प्रेरक हैं और लोग शहरो में इसलिए आकर बसते हैं क्योंकि वे उन्हें रोजगार उपलब्ध करात हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत सहायक अध्यापकों की भर्ती पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय ने प्रदेश सरकार के निर्णय पर अपनी मोहर लगाई है

न्यायालय के आदेश के क्रम में उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर शीघ्र ही सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारो करे गौरतलब है कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में उन्हत्तर हजार सहायक शिक्षक भर्ती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया शीर्ष न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षामित्रों की अपील को खारिज कर दिया है सर्वोच्च आदालत ने सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए बढ़े हुए कटऑफ को अनुमति दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के इस वक्तव्य को रिकॉर्ड पर लिया कि नये कटऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षामित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा इस फैसले से अब अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है इनमें से इकतीस हजार दो सौ सतहत्तर पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है अब शेष पदों पर शिक्षकों की निय्क्ति होगी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि संविधान ने हमें एक सूत्र में बांध रखा है और यह हमारी परम्परा तथा सांस्कृतिक विरासत है उन्होंने कहा कि हमारा संविधान लोगों के लिए और लोगों द्वारा तैयार किया हुआ है जिसमें भारत के समस्त लोग शामिल हैं

उन्होंने कहा कि इस दिवस का मनाया जाना सविधान के प्रति विश्वास और एकजुटता व्यक्त करना है

श्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि संविधान हमें एकता इमानदारी अन्शासन और विविधता की शिक्षा देता है तथा आजादी समानता सामाजिक सौहार्द और सदभावना इसके मुख्य स्तम्भ है उन्होंने युवाओं का आहवान किया कि वे संविधान के बुनियादी सिद्धान्तों के बारे में समाज को जागरूक करने के लिए आगे आयें बाइट संविधान के प्रति तोगों को जागरूक करने का यह मतलब नहीं कि आप उन्हें संविधान के फैक्स को याद कराएं कि हमारे संविधान में इतने भाग हैं इतने आर्टिकल हैं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए

यहीं तक हमकों सीमित नहीं रहना है हमें उन्हें व्यवहारिक रूप में इसके प्रति जागरूक करना है हमें उन्हें नागरिकों के अधिकारों और उससे भी महत्वपूर्ण है एक अच्छे नागरिक कर्मो और कर्तव्यों के बारे में सचेत करना

उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्ग दर्शन में प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई की स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व में सर्वोच्च संस्था द्वारा प्रशसा किया जाना यह सिद्ध करता है कि कोरोना से लड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने सही रणनीति लागू की है

उन्होंने कहा कि कान्टेक्ट ट्रैसिंग और सर्विलांस व्यवस्था को पहले की तरह सक्रिय रखा जाये जब तक कोरोना की कोई दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक सतर्कता ही बचाव ह उन्होंने लोगों से छठ पर्व के अनुष्ठान घर में रही रह कर सम्पन्न करने की अपील की प्रदेश में विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की ग्यारह सीटों के लिये होने वाले द्विवार्षिक चुनाव में अब एक सौ निनयानबे उम्मीदवार मैदान में है

इन निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा तीस उम्मीदवार मेरठ खंड स्नातक सीट पर है और सबसे कम ग्यारह उम्मीदवार लखनऊ खंड शिक्षक सीट पर है ग्यारह सीटों में से पांच खंड स्नातक और छह सीटे खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की है लखनऊ खंड स्नातक सीट से चौबीस उम्मीदवार है वहीं आगरा और वाराणसी खंड स्नातक सीटों पर बाईस बाईस प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक और आगरा खंड शिक्षक सीट पर सोलह सोलह उम्मीदवार है वहीं आगरा मुरादाबाद और मेरठ खंड शिक्षक सीट पर पन्द्रह पन्द्रह उम्मीदवार मैदान में हैं वाराणसी खंड शिक्षक सीट पर बारह प्रत्याशी है

वोटों की गिनती तीन दिसम्बर को की जायेगी

यह पर्व शनिवार सवेरे उदय होते सूर्य को अघ्य देने के बाद संपन्न होगा छठ पर्व सूर्य की उपासना का त्योहार है स्नान करने के बाद श्रद्धालु नहाय खाए की रस्म के तहत अरवा चावल चना दाल और लौकी जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं कल खरना मनाया जाएगा

प्रदेश में कई जनपदों से छठ पूजा के समाचार है

छठ व्रतियों ने आज शाम कद्दू की सब्जी व चावल खाकर अपना व्रत शुरू किया कल शाम खरना पूजन कर छठवती प्रसाद में रशियाव खीर ग्रहण करेंगी ततपश्चात पुनः निर्जला व्रत रहते हुए शुक्रवार को डूबते हुए भगवान सूर्य की आराधना कर अघ्य देंगी तथा शनिवार को उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दे कर अपना व्रत सम्पन्न करेंगी छठ पर्व को लेकर जहां छठ घाटों की साफ सफाई की जा रही हैं वहीं छठ घाटों पर रौशनी के विशेष प्रबन्ध किये जा रहे हैं छठ पर्व को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ गयी है विवेक पाण्डेय आकाशवाणी समाचार कुशीनगर